प्रधानमंत्री ने बताया नवरात्रि का उपहार

बुजुर्गों के कल्याण के लिये श्रेष्ठ कार्य करने में पन्ना जिला सम्मानित वंदे भारत एक्सप्रेस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली कटरा वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी की शुरूआत को वैष्णोदेवी के श्रद्वालुओं के लिये नवरात्रि का उपहार बताया है उन्होंन टवीट कर कहा है कि इस रेलगाड़ी के चलने से संपर्क और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली कटरा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंड़ी दिखा कर रवाना किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर के विकास के लिये बहुत बड़ा तोहफा है और इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

तेज रफ्तार की इस रेलागाड़ी से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा समय में कमी आयेगी

इस बीच यह रेलगाड़ी अम्बाला केंट लुधियाना और जम्मूतबी रेलवे स्टेशनों पर रूकेगी

इसके लिये आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है मंगलवार को छोड़कर यह ट्रेन सप्ताह के सभी दिन चलेगी वृद्धजन कल्याण केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चन्द गहलोत ने कहा है कि सरकार वृद्वजनों और वरिष्ठि नागरिकों के सर्वागीण कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि इसके लिए मंत्रालय ने कई नये कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं वे आज नई दिल्ली में वृद्वजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के सिलसिले में वरिष्ठ नागरिकों और वृद्वजनों के लिए वाकाथॉन को रवाना करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत व्हील चेयर सुनने की मशीन चश्मे और छड़ी जैसी सहायक वस्तुएं जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को वितरित की जाती हैं

दिल्ली के समी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने इस वाकाथॉन में भाग लिया

प्रदेश में जून से सितम्बर माह के बीच हुई वर्षा से करीब साठ लाख से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र की करीब सत्रह हजार करोड़ रूपये की फसल प्रभावित हुई है इसमें लगभग चौवन लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तेंतीस प्रतिशत तक फसल खराब हुई है अतिवृष्टि से करीब एक लाख से अधिक कच्चे पक्के मकान और पशुशेड क्षतिग्रस्त हुए हैं साथ ही बाढ और आकाशीय बिजली से छह सौ से अधिक लोगों की मौत और करीब दो हजार पशुओं की मौत हुई है केन्द्र सरकार से मांगी गई इस राशि में एनडीआरएफ मद से छह हजार छह सौ करोड़ रूपये से अधिक की केन्द्रीय सहायता राशि और एसडीआरएफ से इस वर्ष की दूसरी किस्त की राशि पांच सौ तेंतीस करोड़ रूपये शामिल हैं

आज भोपाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि पहले इंदौर और छिंदवाड़ा की घटना में स्वास्थ्य महकमें की विश्वसनियता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है हालांकि इस मामले में राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिये हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मरीजों के ईलाज का खर्च सरकार वहन करेगी और जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आयेगी उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी

मामला सामने आने के बाद ऑपरेशन थियेटर सील कर दिया गया है

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आ ई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं उप चुनाव झाबुआ विधानसभा के उपचुनाव में एक उम्मीदवार के नाम वापसी के बाद आज तस्वीर साफ हो गई है अब मैदान में कृल पांच उम्मीदवार बचे हैं कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया और भाजपा से भानु भूरिया के अलावा तीन निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं भाजपा ने बागी कल्याणसिंह को मनाने की आज अंतिम समय तक कोशिश की लेकिन वे नहीं माने वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में डटे हुए हैं आज उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है जिनमें उपचुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहेगा लेकिन इस बार कांग्रेस का कोई भी बागी चुनाव मैदान में नहीं है जिससे कांग्रेस को कुछ फायदा मिल सकता है

वहीं प्रदेश के पन्ना जिले को भी बुजुर्गों के कल्याण के लिये श्रेष्ठ कार्य करने पर यह पुरस्कार दिया गया है यह पुरस्कार आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पन्ना जिला कलेक्टर करमवीर शर्मा और अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अशोक चतुर्वेदी ने ग्रहण किया हादसा प्रदेश सरकार ने रायसेन में हुई बस दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिवार के लिए चार चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुःख जताया है स्कूली शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी आज दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और घायलों से मिलकर जानकारी ली वहीं परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने दुर्घटनाग्रस्त बस की जांच के आदेश देते हुए उसकी फिटनेस और लायसेंस को निरस्त करने के निर्देश दिये हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राकेश सिंह ने रायसेन दुर्घटना पर दुःख जताते हुए कहा कि भाजपा दुःख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है

भारत की ओर से अश्विन ने दो जबकि जडेजा ने एक विकेट हासिल किया

मयंक अग्रवाल ने दोहरा शतक लगाया

जबलपुर होशंगाबाद इंदौर तथा उज्जैन संमागों के जिलों में तापमान में नमी रही शेष संमागों के जिलों में मौसम शृष्क रहा

वहीं मौसम विभाग ने वर्षा की गतिविधियों में कमी आने के संकेत दिए हैं